एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने लॉकडाउन बढाने की मीडिया में आई खबरों का खंडन किया पत्र स्चना कार्यालय ने यह भी कहा कि यह अफवाह है और मीडिया ने खबरों में दावा किया था कि लॉकडाउन का समय समाप्त होते ही सरकार इसे बढा देगी कैबिनेट सचिव ने इन खबरों को खारिज किया है और कहा है कि ये सब खबरें बेब्नियाद हैं

इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक निजी अस्पताल से साजिद नाम के य्वक को एमवाय हॉस्पिटल लाया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्य् हो गई वहीं देवास के रहने वाले एक शख्स की भी इंदौर के निजी अस्पताल में मौत हो गई हालांकि अभी मृतक की कोरोना रिपोर्ट आना शेष हैं

यहां किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है द्रध दवाएं सब्जी और किराना द्रकानें भी बंद हैं इसका उल्लंघन करने पर जेल जाना पड़ सकता है इसके लिए इंदौर प्रशासन ने ख्ली जेल भी बनाई है म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आकाशवाणी से बातचीत में इंदौरवासियों से पूर्णत लॉकडाउन में मदद की अपील की है

प्लिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम सीमाओं पर तैनात हैं उज्जैन में भी नगर निगम सीमा क्षेत्र में दोपहिया तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिये गए हैं जबलप्र से सटे नरसिंहप्र जिले में भी लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है

यहां दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले सवारी वाहनों को भी रोक दिया है

होशंगाबाद के सिवनीमालवा लौटे एक पायलट का सैंपल लिया गया है जिसे जांच के लिए भोपाल भेजा गया है उधर बैतूल में कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है उमरिया में लॉक डाउन के कारण भोजन के लिए परेशान हो रहे लोगों के लिए उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में खाने की व्यवस्था की गई है जिले में भी समाज सेवी और संगठन जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं जिले के थान चंदिया प्लिस ने लाकडाउन के दौरान पैदल अपने घरों को जा रहे भूखे राहगीरों को आज खाने के पैकेट बांटे वहीं छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा गरीबों को खाने के पैकेट मास्क और साबुन वितरित किये गए

उधर रायसेन जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर पोषण आहार दिया जा रहा है नीमच में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज खेडली गांव पहचंकर छात्र केशव और देवराज का सम्मान किया

उधर आगरमालवा जिले के सभी नगरीय निकायों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है जबलप्र के भेड़ाघाट और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सैनेटाइज किया जा रहा है छिंदवाड़ा में प्लिस की गांधीगिरी देखने को मिली जहां फूल देकर लोगों को मास्क पहनने और घरों में रहने की अपील की गई वहीं टीकमगढ़ जिले में फसल कटाई में लगे किसानों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है मंडला में कलेक्टर डॉ जगदीश चंद्र जटिया ने कल सब्जी मंडी का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देष दिए

वहीं पचास हजार रुपए का राशन भी गरीबों की मदद के लिए प्रशासन को दिया जा रहा है उधर बड़ावानी जिले में पैरालीगर वॉलिंटियर के द्वारा बाहर से लौटे मजदूरों की सूची बनाई जा रही है जिससे उनकी जांच की जा सके शाजाप्र ग्वालियर निवाणी धार खरगौन विदिशा मंदसौर रतलाम बालाघाट सहित सभी जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है

स्वास्थ्य आयुक्त प्रतीक हजेला ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि क्योरेंटाइन किए गए सभी संभावित मरीज और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इस एप पर रजिस्टर कर उनकी प्रतिदिन मानिटरिंग स्निश्चित की जाए इस एप में होम क्योरेंटाइन व्यक्ति की यूजर आईडी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा एप से व्यक्ति की जियो मैपिंग होगी और उसकी गतिविधियाँ भी चिन्हित की जा सकेंगी प्रभावित व्यक्तियों की हेल्थ रिपोर्टिंग भी सार्थक एप से स्निश्चित की जा सकेगी

राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में ग़ह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान अखबारों की डिलीवरी की अन्मति दी गई है उन्होंने कहा कि द्ध संग्रह और वितरण की श्रृंखला की आपूर्ति भी पूरी तरह से मुक्त है

सागर में वॉट्सएप वीडियो कॉलिंग के जरिए डॉक्टरों की टीम मरीजों को निश्ल्क परामर्श दे रही है